मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत कर जन मानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना प्रदेश सरकार की प्रमुख नीति है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है

उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया है

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यकम आयोजित करने के समाचार हैं

प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि अभियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके और उनको सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के बारे में चलाई जा रहीं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के विकास भवन कार्यालय तहसील और विकास खंड कार्यालयों पर एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी जिससे महिलाएं वहां अपनी शिकायत को बिना झिझक दर्ज करा सकें राज्य में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस कार्रवाई के सकारात्मक नतीजे सामने आये हैं

बलरामपुर जनपद में नाटक के माध्यम से मिशन शक्ति के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है एक रिपोर्ट जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रथम चरण में जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिलाओं को महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी घरेलू हिंसा व अपराध के विरुद्ध आवाज उठाने व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी जा रही है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को लड़का लड़की में भेदभाव न करने बाल विवाह रोकने पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को हिंसा से बचाने पुनर्वास तथा हिंसा करने वाले को दंड के प्रावधान की जानकारी कन्या भ्रूण हत्या आदि सामाजिक बुराइयों को खत्म करने महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के प्रति जागरूक किया गया राम कुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर

उन्होंने कहा कि इस बोनस से तीस लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा

यह बोनस विजयदशमी से पहले एक ही किस्त में दिया जायेगा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

प्रदेश सरकार राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का विस्तार कर रही है राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की उन्होंने प्रत्येक लाभार्थी को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिया

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने कहा कि दो गज को दूरी मास्क है जरूरी के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने की जरूरत है श्री तिवारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा पॉजटिव केस मिल रहे हैं उनकी मैपिंग कराई जाये और ऐसे क्षेत्रों के लिए बेहतर निगरानी की व्यवस्था की जाये उन्होंने अस्पतालों में भर्ती मरीजों और तीमारदारों का फीडबैक लेने की समूचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये

सिद्धार्थनगर जिले में आज फसल गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पूरे जिले से आये किसानों को कृषि संबंधी तकनीको के बारे में जानकारी प्रदान की गई गोष्ठी में किसानों को सब्सिडी के आधार पर कृषि संयंत्रों का भी वितरण किया गया कार्यक्रम में कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने हाल ही में सरकार द्वारा लाये गये कृषि संशोधन कानून के बारे में किसानों को वास्तविक जानकारी दी श्री पाल ने कहा कि नये कानून के आने से किसान अपनी फसलों को अपने द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य पर पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे और यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत दिलाने में सार्थक होगा बाइट किसानों को उनकी रबी की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है वर्तमान में केन्द्र सरकार ने पार्लियामेंट में कृषि विधेयक पारित हुआ है उसका लाभ जो किसान अपना उत्पाद कर रहा है अभी जो छोटी जोत के किसान लोग हैं अब वह गांव में फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन बनाक ऐसी एफपीओ दस हजार बननी है पूरे देश में वह किसी से भी कांटैक्ट कर सकते हैं और बोवाई के समय ही उनका मूल्य तय हो जायेगा जिससे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक लाभप्रद मूल्य मिलेगा देश के सबसे बडे बैंक भारतीय स्टेट बंक ने होम लोन पर ब्याज दर में शून्य दशमलव दो पांच प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है